मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कई परियोजनाओं का नाम अटल् जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा

म्ख्यमंत्री आज बहाद्रगढ़ में श्री वाजपेयी की अस्थि विर्सजन यात्रा पहंचने पर श्रद्वाजंलि देने के उपरान्त पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि अटल जी प्रति लोगों में किस तरह का श्रदवाभाव है ये अदाज़ा बहाद्र गढ़ में उमड़े जन सैलाब से लगाया जा सकता है

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि जन भावनाओं के अन्रूप सरकार कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे ग्रूग्राम ग्लोबल सिटी और हिसार हवाई अड्डे की परियोजना का नाम श्रीवाजपेयी के नाम पर रखने पर विचार कर रही है और इन आध्य का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है इससे पूर्व करनाल में मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण किया मीडिया से बातचीत मे खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में उपलब्धियों पर श्भकामनाएं देते हुए कहा कि नई खेल नीति के परिणाम रूवरूप खिलाड़ी नये कीर्तिमान स्थापित कर रहे है उन्होंने प्रदेश वासियों को बकरीद की बधाई भी दी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला ने कहा है कि अटल कलश यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं है क्यूकिं प्र्व प्रधानमंत्री को सभी दलों के नेता श्रद्वाजंलि दे रहे है वे आज शाम रोहतक में कलश यात्रा की अग्रवाई करते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई परियोजना का लाभ श्री वाजपेयी के नाम रखा जा सकता है

उन्होंने बताया कि पंचकूला के बड़याल से नीमवाला गांव तक लिंक सडक के सुधारीकरण के लिए तीन करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार रूपये और यमुनानगर में जगाधरी वर्कशाप सड़क के लिए नब्बे लाख छियानवें हजार रूपये मंजूर किये गये है उन्होंने बतायाकि जगाधरी बड़ी पावनी सड़क को चौड़ा व मजबूत करने के लिए आठ करोड़ बाईस लाख रूपये और ब्डिया खदरी देवघर सड़क के लिए नौ करोड़ बत्तीस लाख तिरेसठ हजार रूपये स्वीकृत किये गये है क्रूक्षेत्र जिले के जिन सड़केां के सुधारीकरण के लिए राशि मंजूर ह्ई उनमें थानेसर पहेवा सड़क मार्ग से सासा तक की सड़क पहेवा चीका सड़क को शाहप्र के साथ ज़ोरा साब लिंक तक जोड़ाना शामिल है

हरियाणा में विभिन्न स्थानों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि म्स्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में जाकर नमाज़ अदा की यम्नानगर से मिली खबर के अन्सार ईदगाहों में नमाजियों ने केरल में बाढ़ का प्रकोप झेल रहे लोगों की सलामती की द्आ की जगाधरी खिजराबाद छछरौली बिलासप्र सढौरा और अम्बाला से ईद मनाये जाने के समाचार मिले है ब्डिया ईदगाह के पीर हाफिज़ हसैन अहमद ने ईद की नमाज़ के दौरान कहा कि ये पर्व हमे त्याग और बलिदान का संदेश देता है भिवानी के ढाना रोड स्थित ईदगाह में भी बकरीद की नमाज अदाकर अमन चैन के लिये द्आ मांगी गई नमाज़ के बाद लोगों ने एक द्रसरे को गले मिलकर मुबारक दी हिसार में मुस्लिम समाज के लोगों ने क्रांतिमान पार्क में बकरीद की नमाज़ अदा की केन्द्र ने राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित किये गये जाने के बाद सस्ती हवाई यात्रा कार्यक्रम उड़ान को अंतर्राष्ट्रीय सर्किट तक ले जाने के बारे मौसदा जारी किया है

योजना के मसौदे मे कहा गया है कि सिर्फ राज्यों के लिए होगी जो इसको लागू करने और इसको चलाने के लिए आवश्यक मदद मुहैया कराने की वचनबद्वता दिखा चुके है इस योजना से सम्बधित किसी पक्षों से टिप्पणियां मांगी गयी है हरियाणा के विशेष टास्क् फोर्स ने हरियाणा दिल्ली राजस्थान पश्चिमी उत्तरप्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब में अपराधिक गतिविधियां फैलाने में लगे चौबीस से अधिक वांछित अपराधियों की पहचान की है अतिरिक्त महानिदेशक अपराध श्री पी के अग्रवाली ने बताया कि एसटीएफ के अधिकारियों ने इस वर्ष जनवरी में अपने गठन के बाद से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किय है और संगठित अपराध व नशों के सौदागरों पर शिंकजा कसने से बेहतर परिणाम मिल रहे है उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों के दौरान टास्क् फोर्स ने तीन नाइजीरिया निवासियों सहित पांच आरोपियों को पकड़ा है और उनके एक किलो एक सौ अड़लालिस ग्राम हेरोइन दो सौ इकसठ किलो छियतर ग्राम चूरा पोस्त सवा चार किलो चरस और पांच किलो से अधिक अफीम व प्रतिबंधित दवाये बरामद की है

भारत का निशानेबाज़ में ये दूसरा स्वर्ण है राही एशियाई खेलों मे पिस्टल श्र्टिंग में स्वर्ण पदक जीतन वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है

दूसरी तरफ अंकिता रैना का महिला टेनिस मे तीसरा एकल पदक पक्का हो गया है वे सेमीफाइनल मे पहंच गई रोहन बोपन्ना और दिविज शरण भी प्रूष डब्ल में सेमीफाइनल में प्रवेश कर गये है और भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है पदक तालिका में भारत इस वक्त चार स्वर्ण तीन रजत और चार कांस्य पदकों के साथ सातवें स्थान पर बना हआ है यम्नानगर जिले में कल देर रात शुरू हई बरसात आज सारा दिन जारी रही जिससे कई जगहों पर जलभ्राव की स्थिति बन गई जिले के सढौरा हथिनीक्ंड बैराज दादूप्र यमुनानगर जगाधरी छछरौली आदि इलाकों मे दिन के अंधेरे जैसी स्थिति बनी रही और जम कर बारिश हई कृषि विशेषज्ञ डा जे एस सैनी ने कहा है कि अगर जलभराव से न्कसान की नौबत न आई ता यह बारिश धान के फसल के लिये फायदेमंद रहेगी

चीनी के एक किलोग्राम तथा पांच किलोग्राम पैकिंग पर प्रति किलो एक रुपये की छूट दी जाएगी प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला हैफेड उत्पादों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के दृष्टिगत लिया है पलवल जिला रेडक्रास सोसायटी दवारा केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए दो लाख रूपये की राहत सामग्री भिजवाई गई